आयकर विभाग की टीम ने आज रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर कारोबारियों और आईएएस अधिकारियों के घरों तथा कार्यालयों में छापामार कार्रवाई की

मुख्यमंत्री किसान टोकन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में घोषणा की कि समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए जिन किसानों को टोकन दिया गया है उनका सचिव स्तर के अधिकारी से परीक्षण कराया जाएगा टोकन सही पाए जाने पर राज्य सरकार उन किसानों का पूरा धान खरीदेगी विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिषाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टोकन लेने के बाद भी जिन किसानों ने धान नहीं बेचा हैं उन किसानों से भी धान खरीदेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार योजना बनाकर किसानों को धान के लिए पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करेगी इस बीच भारतीय किसान संघ के बैनर तले कबीरधाम जिले के हजारों किसान पिछले आठ दिनों से टोकन कट चुके धान को खरीदने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आज उन्होंने कलेक्टोरेट के सामने धरना प्रदर्शन किया जिसमें महिलाएं भी शामिल हई आयकर छापा आयकर विभाग की टीम ने आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर कारोबारियों और आईएएस अधिकारियों के घरों तथा कार्यालयों में छापामार कार्रवाई की आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने आज रायपुर के कारोबारी अनवर ढेबर ग्रूचरण सिंह होरा चार्टर्ड एकाउंटेंट कमलेश जैन संजय संचेती और विकित्सक ए फरिश्ता के कार्यालयों में दबिश देकर जरूरी कागजात जब्त किए इसके अलावा आईएएस अनिल दृटेजा और रेरा के चेयरमैन विवेक ढांड के घर और कार्यालय में भी छापामार कार्रवाई की गई वहीं भिलाई में आबकारी विभाग के संयुक्त सचिव एपी त्रिपाठी के सेक्टर नौ स्थित आवास पर और बिलासपुर में शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के रायपुर बिलासपुर सहित अनेक कार्यालयों में छापे मारे गए आईएएस अनिल टटेजा की पत्नी मीनाक्षी टटेजा के ब्यूटी पार्लर में भी आयकर विभाग ने दबिश दी यह कार्रवाई दिल्ली भोपाल और नागपुर के अधिकारियों के निर्देशन में सुबह शुरू हुई इसके तहत साठ से अधिक स्थानों पर हुई कार्रवाई में आयकर विभाग के करीब पांच सौ अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे विस निलंबन कार्रवाई राज्य सरकार ने बलरामपुर जिले में नाबालिग के साथ अनाचार मामले में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी सहित सात पुलिसकर्भियों को निलंबित कर दिया है यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य विधानसभा में की मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप सिद्ध होने पर निलंबित अधिकारियों को बर्खास्त भी किया जा सकता है आज विधानसभा में विधायक बृहस्पति सिंह ने बलरामपुर जिले के टांगरमहरी में एक बालिका से अनाचार और इस प्रकरण में पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए यह मुद्दा उठाया मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गौरतलब है कि बीते दिनों टांगरमहरी में दो बालिकाओं के अपहरण की कोशिश की गई थी जिसमें से एक बालिका के साथ अनाचार किया गया था छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा का प्रसारण रात आठ बजकर बीस मिनट पर किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे

लघू सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एमएसएसई प्रस्कार समारोह में प्रदेश को ओव्हरऑल प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्योग मंत्री कवासी लखमा को यह प्रस्कार प्रदान किया गौरतलब है कि ्छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक विकास में लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण सहभागिता है प्रदेश में लगभग आठ लाख अड़तालीस हजार लघु सूक्ष्म और मध्यम इकाईयां स्थापित हैं इनमें सत्रह लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है ये इकाईयां महिला उद्यमियों द्वारा संचालित की जा रही हैं

वहीं बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई है मिली जानकारी के मुताबिक बासागुड़ा और गंगालूर के जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा बीते तीन दिनों से संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है इसी दौरान तामोड़ी के जंगल में अलग अलग स्थानों से जवानों ने चार माओवादी डंप बरामद किए इनमें लैपटॉप कलर प्रिंटर बैटरी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं इसके साथ ही माओवादी साहित्य और दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में तीन दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज गांधी जी की स्वच्छता प्रेरणा पर परिचर्चा आयोजित की गई वहीं निबंध भाषण देशभक्ति गीत प्रश्न मंच रस्साकसी मटकाफोड कबडडी प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए प्रदर्शनी के दौरान स्वास्थ्य शिविर लगाया गया जिसमें एक सौ तिरपन लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और जननी सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को सम्मानित किया गया प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय रायपुर के प्रमुख शैलेष फाये ने बताया कि देश के लोगों को एक दूसरे की संस्कृति खान पान और भाषा से अवगत कराने ेके उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की जोड़ी ग्रजरात राज्य के साथ बनाई गई है किसान प्रदर्शन बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर राजनांदगांव में आज किसानों ने रैली निकाली यह रैली जयस्तम चौक से होते हुए कलेक्टोरेट पहुंची जहां किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनको मुआवजा नहीं दिया गया तो वे आने वाले दिनों में कलेक्टोरेट के सामने चक्काजाम करेंगे आलू शकरकंद छत्तीसगढ़ में आलू और शकरकंद का उत्पादन बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र सहयोग करेगा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से कल रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र के ग्लोबल लीडर डॉक्टर सायमन हैक और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर उमाशकर सिंह ने मुलाकात की अंतर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराएगा इसमें साठ दिन में पकने वाली आलू की नई किस्में शामिल हैं गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों पैंतालीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में आलू का उत्पादन किया जा रहा है वहीं शकरकंद की भी फसल ली जा रही है उत्पाद विक्रय केन्द्र रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय उत्पाद विक्रय केन्द्र स्थापित किया गया है इसका उदघाटन विश्वविद्यालय के कलपति डॉक्टर एसके पाटील ने किया इस केन्द्र में विश्वविद्यालय के उत्पादों के साथ ही कोरिया एग्रो प्रोड्यूसिंग कंपनियों कृषक समूहों और स्व सहायता समूहों द्वारा निर्भित उत्पाद इंदिरा प्रगति प्रीभियम ब्रान्ड नेम से लोगों के लिए उपलब्य रहेगा इस विक्रय केन्द्र के खुल जाने से सारे उत्पाद एक ही छत के नीचे बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी इसके साथ ही जैविक चावल की विभिन्न किस्मों को भी यहां से बेचा जाएगा लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी में इस बार महिलाओं को बराबरी के अवसर विषय पर प्रदेशवासियों से चर्चा करेंगे इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के द्रभाष नम्बर शुन्य सात सात एक दो चार तीन शुन्य पांच शुन्य एक और दो चार तीन शुन्य पांच शुन्य दो पर फोन करके अपना सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं सवाल रिकॉर्ड कराने का कल अंतिम दिन है कल दोपहर तीन से चार बजे के बीच रिकॉर्डिंग की जाएगी इस कार्यक्रम का प्रसारण आगामी आठ मार्च को होगा होली एक्सप्रेस दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा होली त्यौहार के मद्देनजर दुर्ग पटना के बीच होली एक्सप्रेस चलाई जाएगी यह ट्रेन दूर्ग से आठ मार्च को चार बजे रवाना होगी और नौ मार्च को पौने बारह बजे पटना पहुंचेगी इसी तरह यह गाड़ी ग्यारह मार्च को पटना से पौने एक बजे रवाना होकर बारह मार्च को साढ़े दस बजे दूर्ग पहुंचेगी संक्षिप्त समाचार अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ल की आज जयंती है इस अवसर पर विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई नशामुक्ति अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने अलग अलग स्थानों से अट्ठारह किलो गांजा के साथ एक सौ बीस बोतल अवैध शराब जब्त किया है इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह ग्यारह बजे से पुराना पुलिस मुख्यालय में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा